कल नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कमलनाथ ने कहा कि अनूपपुर उमरिया और डिण्डोरी जिलों में नक्सली समस्या न उभर पाए इसके लिये एकीकृत कार्ययोजना की तर्ज पर इन जिलों में भी विकास की कार्ययोजना बनाई जाए साथ ही इसके लिये केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को ही मिलकर प्रयास करना चाहिये उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों के लिये इण्डिया रिजर्व बटालियन का संख्या बल बढ़ाकर अतिरिक्त जवानों की तैनाति की भी मांग की बाल शिक्षा केन्द्र प्रदेश में प्रत्येक विकास खण्ड के एक आँगनवाड़ी केन्द्र को बाल शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा

महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ग्वालियर के झलकारी बाई पार्क रेशम मिल आँगनवाड़ी केन्द्र से बाल शिक्षा केन्द्र का श्भारंभ करेंगी

प्रदेश स्तर पर भी शाला पूर्व शिक्षा नीति तथा नियामक दिशा निर्देश बनाये जा रहे हैं पीएम जेटली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी विदेश यात्रा से लौटने के बाद आज पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली के परिवार से मिले श्री जेटली का शनिवार को निधन हो गया था प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने श्री जेटली के नई दिल्ली स्थित निवास पर उनके शोक संतृप्त परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट की

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इण्डिया अभियान की शुरुआत करेंगे मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने इस अभियान का जिक्र किया था और लोगों से इससे जुड़ने की अपील भी की थी प्रदेश में भी इस दिन सभी जिला मुख्यालयों पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन किये जायेंगे इंदौर में साईकिल रैली निकाली जायेगी इस दिन बालाघाट में हॉकी के प्रदर्शन मैच खेले होंगे वहीं धार में भी साईकिल रैली का आयोजन किया जायेगा जन आकोश रैली आगरमालवा जिले में भारी बारिश के चलते सोयाबीन की फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराने और मुआवजा दिये जाने की मांग को लेकर कल बड़ोद में जन आकोश रैली निकाली गई इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की नीतियों पर हमला किया उन्होंने कहा कि गरीबों को दो सौ रूपये प्रतिमाह की दर से बिजली देने की बात कही जाती है परन्त् बिजली बिल हजारों में आ रहे हैं और बिजली भी कम मिल रही है मौसम बारिश प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है आज कहीं बौछारें पड़ रही हैं तो कहीं धूप खिली हुई है बीते तीन दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों के साथ राजधानी में भी रूक रूककर बारिश हुई बारिश का दौर जारी रहने से कई हिस्सों में नदी नाले उफान पर हैं झाबुआ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आज सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में अवकाश घोषित किया है उधर उमरिया में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है इससे आवागमन प्रभावित हो रहा है

डाकघर खाता शिवपुरी जिले में भारतीय डाक विभाग द्वारा बचत खातेदारों के लिये इंटरनेट बैंकिंग सुविधा शुरू कर दी गई है इससे हजारों खाता धारकों को बैंकिंग सुविधा का लाभ होगा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खाताधारक अपने बचत खातों में ऑन लाइन लेनदेन कर सकेंगे इस सुविधा का लाभ लेने के लिये डाकघर में बचत खाता होना अनिवार्य है

यह प्रतियोगिता राजधानी के छोटा तालाब में होगी

हालात का जायजा लेने के लिये कल कलेक्टर ने कई गांवों का भ्रमण कर खेतों में पहुंचकर वास्तविकता को देखा

सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं जहां उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है